मुख्यमंत्री कमलनाथ ने योजना का श्मारंभ किया

योजना की शुरूआत करते हये मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि यह ऋण माफी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक निवेश है उन्होंने कहा कि किसानों को साहकारों द्वारा दिये जाने वाले कर्ज को माफ करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि हमें अपने वर्किंग कल्वर को नया मोड़ देना है इसकी शुरूआत प्रदेश सरकार ने आज से कर दी है आज से किसानों से आवेदन लिये जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है

सागर जिले में प्रदेश राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने एक कार्यक्रम में किसानों के फार्म भरकर जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरूआत की इस मौके पर दोनो मन्त्रियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के किसानों के हित में उठाये गये इस कदम की सराहना करते हुये प्रशासन को निर्देश दिये कि किसानों को इसके लिये परेशान ना होना पड़े वहीं मुरैना में खाद्य मंत्री प्रद्यमन सिंह ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया नीमच सहित इसी तरह के आयोजन प्रदेश के अन्य जिलों में किये गये भाजपा ज्ञापन वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने बताया कि कर्ज माफी की विसंगतियों और कांग्रेस के वचन पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल नहीं किये जाने के खिलाफ किसान मोर्चा कल प्रदेश भर में मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपेगा यह ज्ञापन सभी जिला कलेक्टर को दिये जायेंगे कुंभ उत्तरप्रदेश में प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कृम्भ अखाड़ों के शाही स्नान के साथ आज से शुरु हुआ आज पहले शाही स्नान में करीब सवा करोड़ श्रद्वालुओं के स्नान करने की खबर है इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं

यहां चौदह सौ सीसीटीवी कैमरों के अलावा इंटीग्रेटिड सेंट्रल कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया गया है कृंभ में महिला श्रद्वालुओं के लिए पहली बार तीन महिला पुलिस यूनिट तैनात की गई हैं

अगले दो शाही स्नान चार फरवरी मौनी अमावस्या और दस फरवरी बसंत पंचमी पर होंगे आकाशवाणी ने पहली बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है

जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पाक्स पोलियो और मातु शिशु टिटनेस बीमारी का अंत किया गया है उसी प्रकार मीजल्स रूबेला का भी अंत किये जाने का संकल्प लिया गया है

मकर संक्रांति प्रदेशभर में आज भी मकर सक्रांति का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया पृथ्वी पर सूर्य के कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही ये पर्व मनाया जाता है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मकर संक्रांति महापर्व पर परंपरा अनुसार बाबा महाकाल का तिल जल से स्नान हुआ और तिल गुड़ का भोग भी लगाया गया उधर होशंगाबाद के सेठानी घाट पर भी सुबह श्रद्वालुओं ने पवित्र नर्मदा नदी में स्नान किया शिवपुरी के प्रसिद्ध बाणगंगा मंदिर पर आज सुबह से ही श्रद्दालुओं की भीड़ देखी गई

वहीं विदिशा में भी मकर संक्रांति पर्व पर बेतवा नदी में पानी छोड़ा गया जिससे यहां बने विभिन्न घाटों पर श्रद्वालु ने स्नान किया

नई दिल्ली में आज सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी उन्होंने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा पर बाहरी समर्थन पाने वाले आतंकी गिरोहों से कारगर तरीके से निपटने में सेना पूरी तरह सक्षम है श्री रावत ने कहा कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा की लगातार समीक्षा करते रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाए दी हैं प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारतवासियों को अपने सैनिकों के हौसले और बलिदान पर गर्व है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी बधाई दी है विज्ञान चैनल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग ने दूरदर्शन के साथ मिलकर आज विज्ञान संचार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल डीडी साइंस और इंडिया साइंस नाम के दो चैनल शुरू किये इन दो चैनलों पर विज्ञान आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्में स्ट्रडियों में कराये गये वार्तालाप के कार्यक्रम फिल्में साक्षात्कार प्रसारित किये जायेंगे इन चैनलों को दर्शकों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा डीडी साइंस द्रदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर एक घंटे के स्लॉट के रूप में होगा जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट पर आधारित चैनल होगा

आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी गौरतलब है कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने नूतन महाविद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान प्रतिनियुक्ति समाप्ति के आदेश दिये थे

सीपीआई माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने आज भोपाल में केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक संकट अब एक सामाजिक समस्या बन गयी है इसको हल करने के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है दो दिवसीय प्रदेश प्रवास पर आये श्री येचुरी ने हाल ही में सवर्णों को दिये दस फीसदी आरक्षण के बारे में कहा कि जब देश में रोजगार ही उपलब्ध नहीं है तो इस आरक्षण का क्या फायदा होगा मौसम प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में है

वहीं होशंगाबाद और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान ग्वालियर दतिया खजुराहो और नौगांव में दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया